और राजनांदगांव और कांकेर जिले में आज सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ होने की खबर

इनमें कांग्रेस और भाजपा के उम्मीदवार भी शामिल है कांग्रेस प्रत्याशी राजमन बेंजाम ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और अन्य पार्टी नेताओं की उपस्थिति में अपना नाम निर्देशन पत्र दाखिल किया वहीं भाजपा उम्मीदवार लच्छ्राम कश्यप द्वारा नामांकन दाखिले के समय उनके साथ भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी और पूर्व मंत्री रामविचार नेताम उपस्थित थे

पहले चरण में यह कार्यालय तेरह नगर निगमों में काम करना शुरू कर देंगे दूसरे चरण में इस योजना का विस्तार नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में किया जाएगा इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्थानीय लोगों को सुलभ प्रशासन और बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराना है इसके तहत क्षेत्र की साफ सफाई सड़क नाली पुलियों की मरम्मत और उनका रखरखाव के अलावा स्ट्रीट लाइट और अन्य नगरीय समस्याओं का निवारण किया जाएगा इन कार्यालयों में लोगों को नवीन व्यापार लाइसेंस लाइसेंस नवीनीकरण संपत्ति कर जल कर समेकित कर के भुगतान और सामुदायिक भवन के आरक्षण जैसी नागरिक सुविधाएं भी मिलेंगी इसके अलावा राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं और समसामयिक विषयों की जानकारी भी प्रदान की जाएगी राज्यपाल प्रवास राज्यपाल अनुसुईया उइके ने आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों से समाज और राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान देने का आहवान किया है राज्यपाल ने आज दंतेवाड़ा प्रवास के दौरान आत्मसमर्पित माओवादियों से मुलाकात की उन्होंने कहा कि वे माओवादी संगठन से जुड़े अन्य लोगों को भी समाज के मुख्यधारा में शामिल होने के लिए प्रेरित करें राज्यपाल ने आत्मसमर्पित माओवादियों के पुनर्वास और उनके रोजगार के लिए हरसंभव प्रयास करने का भरोसा दिलाया राज्यपाल ने इस दौरान दंतेश्वरी महिला कमांडों से भी मुलाकात कर माओवादी उन्मुलन में उनकी भूमिका की सराहना की माओवादी मुठभेड़ राजनादगांव और कांकेर जिले में आज सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ होने की खबर मिली है सुरक्षा बलों को मुखबिर से सूचना मिली थी कि राजनांदगांव जिले के पुगदा और कोरचा के बीच पहाड़ी इलाके में करीब बारह माओवादी एकत्र हुए हैं इसके बाद जिला पुलिस बल डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल सीएएफ और भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी की अलग अलग टीम सर्चिंग अभियान पर निकली इस दौरान सुबह करीब साढ़े सात बजे घात लगाकर बैठे माओवादियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी जवानों की जवाबी कार्रवाई के बाद माओवादी जंगल की आड़ लेकर भाग निकले सर्चिंग के दौरान मौके से एक नग क्लेमोर माईस के अलावा माओवादियों के दैनिक इस्तेमाल की कई वस्तुएं बरामद की गई है वहीं अब से थोड़ी देर पहले खबर मिली है कि कांकेर जिले के ताड़ोकी थाना क्षेत्र के अंतर्गत माहुरपाट और मानकोट के बीच पहाड़ी पर सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच आज दोपहर मुठभेड़ हुई है पुलिस ने मौके से माओवादियों के दैनिक उपयोग का सामान बरामद किया है कौशल विकास प्लेसमेंट सेल कौशल विकास और रोजगार मंत्री उमेश पटेल ने राइट टू स्किल योजना के तहत युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीय स्तर पर प्लेसमेंट सेल गठित किए जाने की जरूरत बताई है यह बात उन्होंने आज नई दिल्ली में कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा आयोजित विभिन्न राज्यों के मंत्रियों के सम्मेलन और अप्रेंटिसशिप पखवाड़े के शुभारंभ अवसर पर कही

सम्मेलन में केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री महेंद्र नाथ पांडेय और केंद्रीय राज्य मंत्री राजकुमार सिंह सहित विभिन्न राज्यों के मंत्री और प्रमुख सचिव शामिल हुए

जैसा कि आप सभी जानते हैं बीते एक अगस्त से देशभर में पोषण अभियान शुरू हुआ है राज्य में बीते एक सितंबर से चल रहे पोषण महीने का आज अंतिम दिन है इस दौरान केन्द्र सरकार द्वारा बच्चों और माताओं के संतुलित आहार तथा पोषण पर खास ध्यान दिया गया इस बारे में आकाशवाणी समाचार ने बात की भारत सरकार के खाद्य और पोषण बोर्ड रायपुर के कार्यालय प्रभारी मनीष यादव से इस बातचीत का प्रसारण आज रात साढ़े आठ बजे आकाशवाणी केन्द्र रायपुर से किया जाएगा इसे प्रदेश स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र एक साथ रिले करेंगे

इसमें छत्तीसगढ़ से प्रतिनिधि के रूप में राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण क्रेडा के सीईओ आलोक कटियार शामिल हए उन्होंने छत्तीसगढ़ में शासन की प्राथमिकताओं के बारे में निवेशकों और विशेषज्ञों को विस्तार से जानकारी दी श्री कटियार ने राज्य की ओर से अक्षय ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा की जलवायु परिवर्तन में भूमिका तथा राज्य द्वारा इस दिशा में किए जा रहे प्रयासों के बारे में बताया

समाज कल्याण विभाग द्वारा इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों को पत्र लिखा गया है इस मौके पर सभी जिलों में वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान समारोह स्वास्थ्य जागरूकता शिविर और वित्तीय संरक्षण संबंधी कार्यशाला आयोजित की जाएंगी अपने संदेश में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी बुजुर्गों को स्वस्थ और खुशहाल जीवन के लिए शुभकामनाएं दी हैं मुख्यमंत्री ने कहा है कि बुजुर्ग जीवन भर परिवार और समाज को अपना अमूल्य योगदान देते हैं जीवन की संध्या में उनकी खुशी स्वास्थ्य और सम्मान का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए सायकल रैली राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की एक सौ पचासवीं जयंती पर परसों दो अक्टूबर को राजधानी रायपुर में सायकल रैली निकाली जाएगी खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा आयोजित यह रैली सुबह साढ़े सात बजे सरदार वल्लभभाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम पिच दो से शुरू होगी इसके बाद साईस कॉलेज जीई रोड विश्वविद्यालय मार्ग होती हुई हॉकी स्टेडियम में संपन्न होगी इसमें स्थानीय खिलाड़ियों स्कूली छात्र छात्राओं एनसीसी और एनएसएस के बालक बालिकाओं सहित अधिकारी कर्मचारी आम नागरिक तथा युवा शामिल होंगे वन्यप्राणी सप्ताह वन्यप्राणी के विषय में जन जागरूकता लाने के लिए प्रदेश में दो से आठ अक्टूबर तक वन्यप्राणी सप्ताह मनाया जाएगा इस दौरान स्कूली बच्चों के लिए निबंध चित्रकला और भाषण प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी वन्यप्राणी सप्ताह का शुभारंभ परसों दो अक्टूबर को रायपुर में सायकल रैली के साथ होगा वन मंत्री मोहम्मद अकबर हरी झंडी दिखाकर इस रैली का शुभारंभ करेंगे यह रैली भारत माता चौक केनाल रोड गांधी उद्यान शास्त्री चौक जय स्तम्भ चौक जेल रोड से होती हुई वनमण्डल कार्यालय में संपन्न होगी समापन स्थल पर आमसभा आयोजित की जाएगी इस मौके पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक राकेश चतुर्वेदी प्रधान वन संरक्षक अतुल कुमार शुक्ल सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहेंगे संक्षिप्त समाचार अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के रायपुर स्थित निवास में दो अक्टूबर बुधवार को आयोजित होने वाला जनचौपाल भेंट मुलाकात का कार्यक्रम अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया है बनारस रेलमंडल में बलिया बासाडीह रेलमार्ग पर जलभराव के कारण कल एक अक्टूबर को दुर्ग छपरा सारनाथ एक्सप्रेस ट्रेन रद्द रहेगी जगदलपुर के बस स्टैण्ड मार्ग पर हुई सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई